दूसरी ओर मंडावा में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी और भाजपा की प्रत्याशी सुशीला सीगडा ने भी आज नामांकन दाखिल किया

आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईटी के विद्यार्थियों तथा युवाओं का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विभिन्न चरणों में बांट लें और सपने देखकर खूद से स्पर्धा बनाए रखें

वे आज सिरोही जिले के आबू रोड़ में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किया गया जो पूर्णतः गलत है

वृद्विशील प्रदर्शन रैंकिंग में हरियाणा पहले असम दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों की सम्पूर्ण प्रदर्शन की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर हैं जबकि त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है मेघालय को वृद्विशील प्रदर्शन रैंकिंग में पहला स्थान मिला उसके बाद नागालैंड और गोवा का स्थान रहा नीति आयोग विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर यह इंडेक्स रिपोर्ट पहली बार तैयार की है

उन्होंने हरियाणा और उत्तरप्रदेश सीमा पर निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए साथ ही भगोड़े और हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने को भी कहा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से प्राप्त तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है यह राशि इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध हो सकेगी

घायलों को सोजत अस्पताल में भर्ती कराया गया है सवाईमाधोपुर में आज पीसीपीएनडीटी कानून पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

आरोपियों के खिला एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है

इस बीच प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के समाचार है

पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है पटवारियों को स्थिति पर निगेरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं उधर श्रीगंगानगर में कल हई बारिश का पानी अभी भी निचले इलाकों में भरा हुआ है इसके साथ ही बीसलप्र बांध में पानी की आवक जारी है